हालांकि चुनावी हिंसा की वजह से पश्चिम बंगाल की सीटों पर प्रचार कल रात ही समाप्त हो गया था प्रदेश के मालवा निमाड़ क्षेत्र की आठ सीटों इंदौर देवास उज्जैन धार मंदसौर रतलाम खंडवा और खरगौन में इस चरण में मतदान होगा भाजपा और कांग्रेस सहित विभिन्न दल और निर्दलीय उम्मीद्वार चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खरगोन में एक चुनावी रैली को संबोधित किया

उन्होंने मतदाताओं से दल के लिये नहीं बल्कि देश के लिये वोट करने की अपील की वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ कई क्षेत्रों में रैलियां कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज मंदसौर में प्रचार कर रहे हैं बुरहानपुर में भाजपा प्रत्याशी नंदकुमार सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह प्रचार कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी विभिन्न जगहों पर जनसभाएं कर रहे हैं

प्रज्ञा चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी से भारतीय जनता पार्टी की भोपाल संसदीय सीट से उम्मीदवार प्रज्ञा सिंह ठाक्र की नाथूराम गोडसे के बारे में कथित विवादास्पद टिप्पणी पर रिपोर्ट मांगी है वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज एक टिवट करते हुए बताया कि सुश्री ठाक्र और दो अन्य भाजपा नेताओं के इस तरह के बयानों का पार्टी से कोई संबंध नहीं है इन बयानों को पार्टी ने गंभीरता से लेते हए भाजपा नेताओं के तीनों बयानों को अनुशासन समिति को भेजने का निर्णय लिया है अनुशासन समिति इन नेताओं से जवाब मांगकर उसकी रिपोर्ट दस दिनों के अंदर पार्टी को देगी गौरतलब है कि प्रज्ञा ठाकुर के अलावा अनंत कुमार हेगड़े और नलिन कटील ने भी इसी तरह के बयान दिये थे मतदाता जागरूकता प्रदेश की जिन आठ लोकसभा सीटों पर रविवार को मतदान होना है वहां पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को प्रेरित करने के प्रयास किये जा रहे हैं नीमच से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल शहर के उत्कृष्ट विद्यालय में मेंहदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया इस दौरान पहली बार मतदान करने वाली लड़कियों को जागरूक किया गया उधर खंडवा में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों को मतदान का निमंत्रण दिया गया वहीं मांधाना विधानसभा क्षेत्र की एआरओ डॉ ममता खेड़े ने स्थानीय मतदाताओं को जागरूक करने के लिये क्षेत्रीय भाषा में लोगों से मतदान की अपील की विमला वर्मा निधन कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री विमला वर्मा का सिवनी जिला अस्पताल में निधन हो गया

उनका अंतिम संस्कार आज शाम सिवनी में किया जाएगा मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कई नेताओं ने श्रीमति वर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है